कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक परीक्षा में कथित रूप से पेपर लीक होने के मामले में केन्द्र सरकार ने सीबीआई जांच कराने के दिये आदेश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवी और बारहवीं की परीक्षाएं आज से हुई शुरू परीक्षा के दौरान जांच के लिए बनाये गये विशेष दल जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में अगले महीने होने वाले आईपीएल मैचों की तैयारियां जौरों पर प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के खराबे के मुददे पर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ विपक्षी कांग्रेस ने इस मुददे पर बहस की मांग की और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इसकी अनुमति नहीं दिये जाने पर सदन का बहिष्कार किया

इसके बाद कांग्रेस सदस्य वैल में आ गये और कुछ देर बाद सदन से बहिर्गमन किया बाद में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी ने कहा कि कल हुई बारिश से किसानों का व्यापक नुकसान हआ है

दूसरी ओर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने सदन में कहा कि कई जिलों और गांवों में बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान हआ है विधानसभा में सत्तापक्ष के उप सचेतक मदन राठौड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कल ही गिरदावरी करवाने के निर्देश दे दिये हैं

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने आज विधानसभा में स्पष्ट किया कि जिन किसानों की फसलों का बीमा नहीं है उनकी फसल के नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है

उर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने आज विधानसभा में बताया कि प्रदेश के बिजली संयत्रों के लिये पर्याप्त कोयला उपलब्ध है उन्होंने आश्वस्त किया कि कोयले की कमी के कारण बिजली की कटौती नहीं होगी

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर कहा कि केन्द्र सरकार ने प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों की मांगे स्वीकार कर ली हैं और मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं उन्होंने प्रदर्शनकारियों से विरोध प्रदर्शन समाप्त करने की अपील की राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की गई

प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में उपचुनाव के लिए आज मतदान हुआ करौली बाड़मेर टोंक सहित विभिन्न जिलों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ

संसद में बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों पर शोर शराबे के कारण कामकाज में रूकावट आई पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई सीबीएसई की दसवीं और बारहवी की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं

परीक्षा के दौरान जांच के लिये विशेष टीम बनाई गई है साथ ही पर्यवेक्षक भी नियुक्त किये गये है राज्यपाल कल्याण सिंह प्रीतरह स्वस्थ हैं और नई दिल्ली में हुई जांच में उन्हें स्वाइन फलू नहीं पाया गया है सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर द्वारा जाँच रिपार्ट में स्वाइन फ्लू पॉजीटिव बताये जाने पर राज्यपाल श्री सिंह को कल रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया वहां उनकी दुबारा जांच की गई जिसमें उन्हें स्वाइन स्वाइन फ्लू नहीं पाया गया राज्यपाल ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया है

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत हर स्कूल में करीब तीन लाख की लागत से कम्प्यूटर लैब इसी वित्तीय वर्ष में बनाई जाएंगी

जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में अगले महीने होने वाले आईपीएल मैचों की तैयारियां जोरों पर है

उन्होंने बताया कि बीसीसीआई के अधिकारी स्टेडियम का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं

नागौर जिले में श्रीबालाजी क्षेत्र में ऊॅटवालिया गांव में एक निजी बस की टक्कर से मोटर साईकिल सवार युवक की मृत्यु हो गई

जालौर में पांच दीवसीय गैर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है